श्री मोदी के चेन्नई आगमन पर तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित मुख्यमंत्री एड्डापडी के पलानीस्वामी उपमुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम तथा अन्य गणमान्य लोगों ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया चेन्नई पहुंचने पर श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा चेन्नई पहुंच चुका हूं मैं तमिलनाडु आकर बहुत खुश हूं यह राज्य अद्भुत संस्कृति और आवभगत के लिए जाना जाता है यह बहुत हर्ष की बात है कि तमिलनाडु राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगवानी कर रहा है यह बैठक भारत चीन के रिश्ते को मजबूती प्रदान करेगी विज्ञान सम्मेलन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनउ में आज से पहला राष्ट्रीय हिन्दी विज्ञान लेखक सम्मेलन शुरू हुआ इसका उद्वेश्य हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में विज्ञान लेखन को बढ़ावा देना है

इसका उद्घाटन उत्तरप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने किया

शिविर में अमेरिका के डॉक्टर सिबन बरीकू डॉक्टर जेकब टेलर डॉक्टर अमर सिंह के साथ ही अहमदाबाद राजकोट बाकानेर बड़ोदरा दिल्ली और भोपाल के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा यूरोलॉजी से संबंधित रोगियों के ऑपरेशन भी किये जाएंगे

यह महोत्सव आगामी पांच दिनों तक चलेगा

यह टीम खंडवा के साथ ही छिंदवाड़ा जिले में भी विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग को सौंपेगी सम्मेलन मुरैना जिले के जौरा स्थित गांधी आश्रम में आज विश्व शांति के लिये सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें सुप्रसिद्ध गांधीवादी विचारक सुब्बा राव सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह सहित क्षेत्रीय विधायक और अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे इस कार्यक्रम में जय जगत यात्रा के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया

श्री सिंधिया कल भिंड जिले के नावली वृंदावन गांव में बाढ पीड़ितों से चर्चा कर रहे थे

अपनी धार्मिक यात्रा के तहत आये जैकी को मंदिर पुजारी व अन्य भक्तों ने सम्मानित किया